अयोध्या उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की चल रही सुनवाई आज पूरी हो गयी न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने लगातार चालीस दिनों तक रोज़ाना सुनवाई की पीठ ने दोनों पक्षों को तीन दिन का और समय दिया है कि अगर वे चाहें तो अपनी याचिका में की गयी मांग में कुछ बदलाव कर सकते हैं पीठ के अन्य न्यायाधीशों में एसए बोवड़े डीवाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण और एसए नज़ीर शामिल हैं

इससे पहले इस मामले में फैसला सुनाये जाने की आशा है झाबुआ उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार कार्य गति पकड़ चुका है स्थानीय नेता और पार्टी प्रत्याशियों के साथ ही स्टार प्रचारक भी चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश संगठन प्रभारी और सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्र बुद्धे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भाजपा के लिये प्रचार का मोर्चा संभाला इस दौरान उन्होंने झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया श्री तोमर ने सेक्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया वहीं डॉक्टर सहस्त्र बुद्धे ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये भाजपा प्रत्याशी भानू भूरिया की जीत जरूरी है

उधर प्रशासनिक स्तर पर उपचुनाव की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये पुलिस बल भी चौकस बना हुआ है एफएसटी दल द्वारा कल वाहन चैकिंग के दौरान एक वाहन से एक लाख रूपये से अधिक की राशि जब्त की गई निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से चुनावी सभाओं में अपने भाषणों में सही और संयमित भाषा का प्रयोग करने की सलाह दी है झाबुआ विधानसभा सीट के लिये हो रहे उपचुनाव में पिछले दिनों एक रैली के दौरान श्री भार्गव ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिये असंयमित बयान दिया था आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि भाजपा नेता ने ऐसा बयान देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है अस्पताल जांच शिवप्री शिवप्री जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसका शव घंटों अस्पताल में पड़े रहने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है कलेक्टर अनुग्रह पी ने बताया है कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया है साथ ही एक डाक्टर और तीन नर्सो के खिलाफ भी निलम्बन की कार्रवाई की गई है गौरतलब है कि कल शिवपुरी के बालचंद लोधी की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई थी मृत्यु के बाद अस्पताल के वार्ड में मरीजों के बीच उनका शव कई घंटों तक पड़ा रहा शव पर चीटिंया लगने के बाद मामला प्रकाश में आया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आये छापा कार्रवाई इंदौर में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त के प्रदेश के चार जिलों में स्थित विभिन्न ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की छापामार कार्रवाई में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है

इससे पहले लोकायुक्त की टीमों ने सहायक आबकारी आयुक्त के भोपाल रायसेन छतरपुर और इंदौर स्थित कई ठिकानों पर कल सुबह एक साथ कार्रवाई की थी मैग्नीफिसेंट एमपी प्रदेश में उद्योग और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिये इंदौर में आयोजित किये जा रहे मैग्नीफिसेंट एमपी सम्मेलन में कल मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे

जिसमें जाने माने उद्योगपति भाग लेंगे दो दिवसीय इस आयोजन की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला की शुरुआत की नई दिल्ली में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सही नीति और क्रियान्वयन से ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया कैम्पेन सफल साबित होगा

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा मित्र एफएसएम योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की योजना है

मौसम राज्य के ज्यादातर जिलों में रात के समय गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा है हालांकि दिन में तेज ध्रप खिलने से गरमी भी महसूस की जा रही है

मौसम विभाग ने अगल एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान जताया है

नमस्कार